इस प्रक्रिया के अनुसार ही लोगों को राज्य में आने की अनुमति प्रदान की जाएगी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ई पास जारी करने के लिए लागू किए गए प्रतिबंध केवल अन्य लोगों के लिए हैं उन्होंने बताया कि ऐसा राज्य में बिना किसी वैध कारण से आने वाले लोगों को रोकने के लिए किया गया है

इसके अलावा प्रवासी कामगारों के कल्याण के लिए एक हजार करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है इस सहायता को प्रवासियों के आश्रय खाना चिकित्सा उपचार और परिवहन की व्यवस्था में उपयोग किया जाना है राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राज्य में खेल अधोसंरचना सुदृढ़ करने और इंडोर स्टेडियमों जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाकर खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन देने पर बल दिया है वे कल शिमला में अंतरराष्ट्रीय ओलम्पिक दिवस के अवसर पर प्रदेश ओलम्पिक संघ के पदाधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे थे राज्यपाल ने कहा कि राज्य में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है लेकिन ऐसी प्रतिभाओं को सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए उन्होंने कहा कि खेल अधोसंरचना के विकास में सार्वजनिक निजी सहभागिता व प्रसिद्ध खिलाड़ियों का सहयोग लिया जाना चाहिए उन्होंने कम जगह में खेले जाने वाले इंडोर खेलों जैसे कबड्डी और वॉलीबाल को राज्य में प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया राज्यपाल ने जनजातीय क्षेत्रों के चयनित खिलाड़ियों के लिए खेल शिविरों के आयोजन की भी जरूरत बताई

कोरोना पॉजीटिव पाए गए अधिकतर लोग बाहरी राज्यों से हिमाचल वापस लौटे हैं

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने कोरोना और स्कूल खोले जाने से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

स्कूल खोले जाने से जुड़ी खबर को अमर उजाला ने शीर्षक दिया है सूबे में एक जुलाई से स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी दिव्य हिमाचल ने लिखा है पहली जुलाई से खुलेंगे सरकारी स्कूल पंजाब केसरी के शब्द हैं प्रदेश में एक जुलाई से खुल सकते हैं शिक्षण संस्थान हिमाचल दस्तक का कहना है प्रदेश में अध्यापकों को स्कूल बुलाने की तैयारी

पंजाब केसरी के शब्द हैं पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी मामले की जांच सीआईडी के सुपुर्द दैनिक सवेरा टाइम्स ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखा है महामारी की रोकथाम में आशा वर्करों की अहम भूमिका पंजाब केसरी के शब्द हैं आशा कार्यकर्त्ताओं को जुलाई अगस्त के लिए मिलेंगे दो दो हजार रूपए